राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में प्राप्त धन से लॉकडाउन में फंसे लोगों को भोजन उपलब्ध कराएगी सरकार केन्द्र ने प्रवासी कामगारों का पलायन रोकने के लिए राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को सीमाएं प्रभावी ढंग से सील करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश में खुले बाज़ार और उचित मूल्य की द्कानों में आवश्यक खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण है वे आज शिमला में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खुले बाज़ार में थोक व परचून विक्रेताओं के साथ साथ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के भंडारों में आवश्यक वस्तुओं तथा अन्य राज्यों से दालों की आपूर्ति के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री लाने वाले ट्रक चालकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्गो पर कुछ ढाबे खोलने की अनुमति देने का हरियाणा सरकार से आग्रह किया है जयराम ठाकुर ने किसानों व बागवानों के लिए कीटनाशकों और अन्य पौध संरक्षण सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए बैठक में जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह और मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे आपदा कोष प्रदेश सरकार केन्द्र के दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा प्रतिक्रिया कोष में प्राप्त धन का उपयोग लॉकडाउन में फंसे लोगों के भोजन के लिए करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में बताया कि इस संबंध में जिला प्रशासन को भी निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिलेवार समेकित रिपोर्ट तैयार की गई है

उन्होंने कहा कि विभिन्न सीमावर्ती जिलों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है

उन्होंने लोगों से कर्फ्यू के दौरान दी गई ढील में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचा जा सके

राज्यपाल ने सामाजिक दूरी बनाए रखने और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार करने की जुरूरत बताई ताकि स्थिति आगे भी नियंत्रण में रहे इस दौरान राज्यपाल को प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति से अवगत करवाया गया बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कर्फ्यू के दौरान गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था के लिए आज नाहन से राशन किटों के साथ कार्यकर्ताओं को रवाना किया उन्होंने राशन किट स्टोर में व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया और कार्यकर्ताओं को ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने को कहा बिंदल ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आहवान पर ये मुहिम शुरू की गई है

इन दोनों बुलेटिनों की अवधि पांच पांच मिनट की होगी मंत्रालय निर्देश केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रवासी कामगारों का पलायन रोकने के लिए सीमाएं प्रभावी ढंग से सील करने का निर्देश दिया है पूर्णबंदी के कारण फंसे जरूरतमंद लोगों और निर्धनों के लिए अस्थायी आश्रय व भोजन और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का भी आदेश दिया गया है

मंत्रालय ने विभिन्न उद्योग दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों सहित सभी नियोक्ताओं को अपने कामगारों के पारिश्रमिक में कटौती न करने और नियत समय पर भुगतान करने को भी कहा है मकान मालिकों को भी कामगारों से एक महीने का किराया न लेने का निर्देश दिया गया है

ज़िला प्रशासन ने इन सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच करने के बाद क्वारंटाइन केन्द्रों में भेजना शुरू कर दिया है

उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन में रखे गए लोगों को खाने की सुविधा प्रदान की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोज़ाना इनकी जांच की जाएगी इस बीच ज़िला प्रशासन ने ज़रूरतमंद व गरीब परिवारों के लिए उनके घरद्वार पर खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए भी केन्द्र स्थापित किए हैं वीरभद्र पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी जैसी आपदा के समय कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि महामारी से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा उचित कदम उठाये जा रहे हैं और लोगों को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए

निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया है कि ये राशि देश में कोरोना प्रभावितों की मदद और विभिन्न उपकरणों को खरीदने के लिए सहायक होगी उन्होंने कहा कि एसजेवीएन आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सदैव अग्रणी रहा है

मास्क जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के चलते मास्क व सेनेटाइजर सहित अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाना बेहद मुश्किल है ऐसे में केलंग के सांगये स्वंय सहायता समूह की महिलाएं प्रशासन की मदद व कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिये मास्क बनाने में जुटी हैं महिलाओं ने कपड़ों के मास्क वितरण का कार्य भी आरम्भ कर दिया है वहीं खण्ड विकास अधिकारी सुरेंद्र भी लोगों को मास्क वितरण के साथ साथ कोरोना महामारी से बचाव के लिये जागरूक कर रहे हैं

सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा की खरीददारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए

यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले

बीएसएनएल बीएसएनएल लॉकडाउन के दौरान फ्री वैलिडिटी एक्सटेंशन और टॉक टाइम दे रहा है